इस सूची में मध्यप्रदेश से तीन नाम घोषित किये गये हैं भाजपा ने दो और मौजूदा सांसदों के टिकट काट कर नए चेहरों को मौका दिया है पार्टी ने राजगढ़ सीट से मौजूदा सांसद रोडमल नागर पर ही दोबारा दांव खेला है बालाघाट से सांसद बोध सिंह भगत के स्थान पर इस बार ढाल सिंह बिसेन को मौका दिया गया है वहीं खरगोन से भी सांसद सुभाष पटेल का टिकट काट कर यहां से गजेंद्र पटेल को चुनावी मैदान में उतारा गया है

इसमें पांच मौजूदा सांसदों के टिकट काट दिए गए थे वहीं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की सीट बदल दी गई थी

इनमें भोपाल इंदौर और विदिशा जैसी हाईप्रोफाइल सीटें भी शामिल हैं इसके अलावा रतलाम छिंदवाड़ा ग्वालियर गुना सागर देवास धार और खजुराहो पर भी पार्टी अब तक प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई है कांग्रेस सूची कांग्रेस ने पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार को बिहार की सासाराम और फिल्म अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर को मुंबई उत्तर लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार घोषित किया है पार्टी ने भाजपा के सांसद अशोक कुमार दोहरे को इटावा सीट से उम्मीदवार बनाया है श्री दोहरे आज ही भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं कांग्रेस ने आज बिहार से चार ओडिशा से सात उत्तर प्रदेश से दो और असम से चार उम्मीदवार घोषित किए हैं

वीवीपैट हलफनामा निर्वाचन आयोग ने आज उच्चतम न्यायालय को बताया कि वीवीपैट पर्ची की गणना का वर्तमान तरीका बिल्कुल उचित है शीर्ष न्यायालय ने सोमवार को निर्वाचन आयोग से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के कम से एक मतदान केन्द्र से नमूना पर्चियों की संख्या बढ़ाने के बारे में निर्वाचन आयोग से उसका अपना विचार मांगा था जवाब में निर्वाचन आयोग ने कहा कि भविष्य के चुनाव स्वतंत्र और निष्यक्ष कराने के संबंध में किसी भी सुझाव पर विचार कर सकता है

निर्वाचन आयोग ने कहा कि उसने अधिकारियों की समिति को आदर्श चुनाव संहिता के मद्देनजर इस मामले की तुरंत समीक्षा के निर्देश दिए थे लोकसभा नाम वापसी लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए उम्मीदवारों के नाम वापसी का आज आखिरी दिन था

पहले चरण के चुनाव के लिए नाम वापसी का कल आखिरी दिन था

गुना से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले के चाचौड़ा में युवाओं द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई वहीं आमासेर कालुआ और कुदालिया गांव में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत मतदाताओं को वोट करने की शपथ दिलाई गई अशोकनगर में कल जागरूकता रैली और शपथ ग्रहण का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है देवास में रंगोली और मेहंदी प्रतियोगिता के जरिए महिलाओं को मतदान के लिये प्रेरित किया गया वहीं सोनकच्छ विधानसभा क्षेत्र के टोंकखुर्द चौबाराधीरा इकलेरा देवली सहित कई गांव में ईवीएम और वीवीपैट मशीनों का प्रदर्शन कर मतदाताओं को जागरूक किया गया उधर सतना में महिला एवं बाल विकास द्वारा मतदाताओं को अधिक से अधिक मताधिकार करने के लिये जागरूक किया गया वहीं राजगढ़ में जिला निर्वाचन अधिकारी निधि निवेदिता ने ट्रांसपोर्टर मालिकों से मतदान में अपनी भूमिका सुनिश्चित करने की अपील की शहडोल में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर दस्तक देकर महिलाओं को प्ररित कर रही हैं कार्यकताओं ने बुढ़ार में जागरूकता रैली निकाली धार होशंगाबादसहित विभिन्न जिलों से मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जाने के समाचार मिलें है विधायक इस्तीफा धार जिले के धरमप्री से कांग्रेस विधायक पांचीलाल मेड़ा के इस्तीफे की पेशकश से प्रदेश के राजनीतिक हलचल और अटकलों का दौर उस समय थम गया जब मुख्यमंत्री कमलनाथ के आश्वासन पर श्री मेड़ा ने अपने इस्तीफे की पेशकश वापस ले ली मुख्यमंत्री ने श्री मेड़ा को भारोसा दिलाया है कि शराब माफिया के खिलाफ कार्यवाई की जायेगी बताया जा रहा है कि श्री मेड़ा अपने क्षेत्र में शराब माफियों पर कार्यवाई नहीं होने से दुखी थे विधायक का आरोप है कि एक स्कूल के पास बनी दो शराब की दुकानों को हटाने के लिये प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायत की गई थी लेकिन इसके बाद भी कोई कार्यवाई नहीं हुई गणगौर तीज सोलह दिवसीय गणगौर पर्व के तहत इन दिनों आगरमालवा जिले में महिलाओं द्वारा गणगौर माता का सामूहिक पूजन कर फूल पाती चल समारोह निकाले जा रहे है इन चल समारोह में सिर पर सुसज्जित गणगौर माता का धारण किये हुए महिलायें बैंड और ढोल की थाप पर नाचते गाते हुए चलती है गौरतलब है कि धुलेंडी से शुरू हुआ यह पर्व गणगौर तीज तक मनाया जाता है वहीं खंडवा और सीहोर में भी गणगौर पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है

भारतीय टीम इस टूर्नामेंट में अब तक एक भी मैच नहीं हारी है आईपीएल मैच इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा

दोनों टीमों में अब तक नौ मुकाबले खेले गए हैं

मौसम प्रदेश में दोपहर में गर्म हवाओं का दौर शुरू हो गया है हालाकिं सुबह और रात में गर्मी से फिलहाल राहत है

वहीं भोपालजबलपुर रीवा और शहडोल से संभागों के जिलों में सामान्य तथा शेष संभागों में सामान्य से अधिक रहे

मौसम विभाग ने कल दक्षिण पश्चिम मध्यप्रदेश के जिलों में कहीं कहीं लू चलने की संभावना जताई है खंडवा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में भी गर्मी के तेवर तल्ख हो गये हैं

हालांकि श्री पटेल ने सफाई दी है कि उन्होंने संहिता का उल्लघंन नहीं किया है